केंद्रीय गृह मंत्री अभित शाह समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे समारोह के बाद पीटरहॉफ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन भी होगा इस बीच शिमला के उपायुक्त अभित कश्यप ने समारोह को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को कार्ट रोड प्रयोग में न लाने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वाहनों के लिए विशेष प्रबन्ध किए हैं अभित कश्यप ने कहा कि प्रदेश के अन्य भागों से आने वाले लोगों को यातायात की पर्याप्त सुविधा प्रदान की जाएगी सरकार सीएए भ्रम केंद्र सरकार ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ किया जा रहा प्रदर्शन और यह पूरा आंदोलन कुछ असामाजिक तत्वों और राजनीतिक दलों द्वारा उनके निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए चलाया जा रहा है सरकार ने समाज के सभी जिम्मेदार नागरिकों से अपील की है कि वे देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के इन प्रयासों को सफल न होने दें

उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने मेले में मुख्यातिथि के रूप में बोलते हए किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि पॅरियोजना का उद्देश्य प्रदेश के लक्षित पांच जिलों कांगड़ा बिलासपुर हमीरपुर मंडी और ऊना में फसल विविधिकरण को बढ़ावा देना है बिक्रम ठाकुर ने कहा कि गेहूं व धान के साथ किसान नकदी फसलें भी उगाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके उद्योग मंत्री ने कहा कि जाईका के तहत जस्वां परागपुर क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं पर साढ़े चार करोड़ रुपए खर्च कर सैंकड़ों लोगों को लाभ दिया गया है

सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा अपने दो वर्ष के कार्यकाल में जमीनी स्तर पर किए गए कार्य से बौखला कर कांग्रेस के नेता बेबुनियाद ब्यानबाजी कर रहे हैं आज शिमला में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले दो वर्ष में जो कार्य किए हैं कांग्रेस अपने दस साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई है सत्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकर के नेतृत्व में विकास और राजनीति की नई परंपरा शुरू हुई है उन्होंने विपक्ष के नेता मुकेश अभ्निहोत्री पर मात्र सुर्खियों में बने रहने के लिए निराधार ब्यानबाजी करने का आरोप भी लगाया अग्निहोत्री प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर अपने दो वर्ष के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने दो वर्ष जश्न में बिता दिए और इस पर तीन सौ करोड़ रुपए खर्च कर दिए अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि सरकार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन कर रह गई है और मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं को लुभाने के लिए हिमाचल का पैसा बहा रहे है दोनों नेताओं ने पंजीपतियों को लाभ देने के आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल की बेशकीमती जमीनें बेचने की बड़ी साजिश हो रही है कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हिमाचल से उद्योगों का पलायन हो रहा है और सरकार लगातार जश्न मना रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में न तो अस्पतालों में डॉक्टर है न स्कूलों में शिक्षक हैं और वन नशा व खनन माफिया पूरी तरह सक्रिय है सर्य ग्रहण साल का अंतिम आंशिक सूर्य ग्रहण आज कई देशों के साथ भारत में भी देखा गया ये ग्रहण वलयाकार था ऐसा तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के केन्द्र को ढक लेता है और सूर्य का केवल बाहरी किनारा नजर आता है और रिंग ऑफ फायर यानी वलयाकार हो जाता है सूर्यग्रहण के बाद लाखों श्रद्धालुओं ने नदियों में डुबकी लगाई

मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा है कि चुनाव पूर्व पार्टी के दृष्टि पत्र के अनुसार पुरानी पेंशन बहाली के लिए जल्द एक कमेटी का गठन किया जाए ताँकि कर्मचारियों से किया वायदा पूरा हो सके